केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी वह आतंकवाद को शह देना बंद करे केन्द्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की

कोटा बूंदी प्रतापगढ बांरा और झालावाड़ में भारी बारिश के कारण बाढ के हालात बने हुए है झालावाड़ जिले में पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है मारी बारिश के चलते चौमेला और डग क्षेत्र में हालात ज्यादा खराब हो रहे है चौमेला में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण दिल्ली मुंबई रेलमार्ग बाधित हो गया है इसके अलावा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने और पानी भरने के कारण कई गांवों का संपर्क ट्रट गया है जिले की कालीसिंघ आहू परवन छापी सहित अन्य छोटी बडी नदियां उफान पर है

गांधीसागर राणाप्रताप और कोटा बैराज से लगातार हो रही पानी की निकासी के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ रहा है इसे देखते हुए सवाईमाघोपुर और धौलपुर जिलों के कई गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर निगाहे बनाए हुए है निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है चित्तौडगढ़ जिले में भी भारी बारिश के कारण हालात खराब हो रहे है देर रात से जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है

इसके बाद चित्तौडगढ़ रावतभाटा का संपर्क दूट गया है मैथिली पुलिया सहित कई स्थानों पर पानी के कारण कई मार्ग बंद हो गए है इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने कल बांसवाड़ा बारा झालावाड़ कोटा डूंगरपुर और प्रतापगढ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वहीं भीलवाडा बूंदी चित्तोड़गढ राजसमंद और उदयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है विभाग ने बारा में मंगलवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि सिरोही टोंक उदयपुर सवाई माघोपुर कोटा प्रतापगढ समेत अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह आतंकवाद को शह देना बंद करे पाकिस्तान नहीं सुधरा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे टूटने से रोक नहीं सकती

केन्द्र सरकार ने निर्यात को बढावा देने और आवासीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक उत्पादों पर कर के बोझ को कम करने की एक नई योजना की घोषणा की है निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पांच खरब रुपए खर्च किए जाएंगे उन्होंने बताया कि वस्तु और सेवाकर जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड देने के लिए पूर्ण रूप से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस महीने के अंत तक लागू हो जाएगी वित्तमंत्री ने निर्यातको के लिये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संशोधित नियमों की भी घोषणा की

वस्त् और सेवा कर के भूगतान में घोखाधड़ी रोकने के लिए जीएसटी नेटवर्क ने अगले साल जनवरी से नए व्यापारियों के लिए आधार सत्यापन या भौतिक सत्यापन को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है जीएसटी नेटवर्क में मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील मोदी ने बैंगलुरू में बताया कि आधार सत्यापन पहले से ही काम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान में मिले उपहारों की कल से ई नीलामी शुरू की गई यह अगले महीने की तीन तारीख तक चलेगी इससे प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना में किया जायेगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इन उपहारों की प्रदर्शनी और ई नीलामी का उद्घाटन किया

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने बताया कि प्रदर्शनी का उदघाटन पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां औरं भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर करेंगे

विधायक सतीश पूनिया को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने कल उनकी नियुक्ति से संबंधी आदेश जारी किये

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा की श्रेणी में आने वाले सभी पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिले

कोलंबो में अथर्व अंकोलेकर के पांच विकेट की बदौलते भारतीय टीम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को पांच रन से हराया